चन्द्रयान दो के आर्बिटर ने आज लैन्डर विक्रम को चन्द्रमा की सतह पर द्वंढ निकाला है इसरो प्रमुख के सिवन ने बताया कि हमें चाँद की सतह पर लैन्डर विक्रम की लोकेषन मिल गयी है और आर्बिटर ने लैन्डर की एक थर्मल इमेज क्लिक की है लेकिन अभी तक उससे कोई सम्पर्क नहीं हो पाया है हम सम्पर्क करने की कोषिष कर रहे है षनिवार रात करीब दो बजे चाँद की सतह पर उतरने के दौरान लैन्डर विक्रम का सम्पर्क इसरो के भू केन्द्र से ट्ट गया था सम्पर्क ट्रटने के समय लैन्डर विक्रम चन्द्रमा की सतह से महज दो दषमलव एक किलोमीटर की दूरी पर था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सफलता ने हजारों युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत की है उन्होंने जानी मानी हस्तियों के टवीट संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कठिन परिश्रम और कार्य के प्रति समर्पण की बदौलत इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की है और यह भविष्य में भी नई सफलताओं के मानदंड कायम करता रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतत्व में एन डी ए सरकार ने अपने दसरे कार्यकाल के पहले सौ दिन पुरे कर लिये हैं केन्द्रीय सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में सरकार की सौ दिनों की उपलब्धियां गिनायीं उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हये कहा कि सरकार गरीबों किसानों महिलाओं और वंचितों के कल्याण के लिये प्रतिबद्ध है श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले सौ दिनों के दौरान विदेष में भारत की साख बढ़ी है और जम्मू कष्मीर तथा अर्थव्यवस्था के मामले में पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी हयी है श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार दूसरे कार्यकाल के लिये मिले जनादेष के अनुरूप काम कर रही है और उसी के अनुसार फैसले ले रही है उन्होंने जम्मू कष्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के तहत विषेश दर्जा वापस लेने और अनुच्छेद पैंतीस ए को हटाने को बड़ी उपलब्धि करार दिया श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार के इस फैसले से कष्मीर के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और क्षेत्र का विकास होगा जम्मू कष्मीर की स्थिति से सम्बन्धित एक सवाल के जवाब में श्री जावडेकर ने कहा कि घाटी में वर्श उन्नीस सौ नब्बे में आतंकवाद षुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हआ है कि लगातार पैंतीस दिन तक एक भी गोली नहीं चली और आतंकी घटना में किसी की मौत नही हयी सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उन समितियों और परिशदों में भी आमंत्रित किया जा रहा है जिनका भारत सदस्य नहीं है इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री और उनकी टीम को सरकार के सौ दिन पूरे होने पर बधाई दी है उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर तीन तलाक मोटर वाहन अधिनियम और बैंकों के विलय के प्रधानमंत्री के अनुकरणीय फैसलों से देश को एक नई गति मिली है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व में यह संभव हो पाया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा में बालिका शिक्षा पर विशेष बल दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है आज रोहतक में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा में काफी सफल रहा है मोदी ने कहा कि राज्य में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या में काफी सुधार हुआ है और इसकी चर्चा देशभर में हो रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले सौ दिनों में कई ऐतिहासिक फैसले किए केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नए मोटर वाहन अधिनियम में अधिक जुर्माने के प्रावधान का उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के पालन की आदत विकसित करना है नागपुर में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ही जुर्माना लगाया जा रहा है उन्होंने कहा कि लोग सड़क सुरक्षा के नियमों को गंभीरता से नहीं लेते और कुछ रकम देकर बच निकलने के आदी हो गए हैं यह रवैया समाप्त करने के लिए कड़े नियम बनाना जरूरी था जाने माने वकील और राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया वे पंचानबे वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और गृहमंत्री अमित षाह ने जेठमलानी के निवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी जेठमलानी के निधन पर संवेदना प्रकट की है